नी त आयोग एक ऐसा ताव पर वचार कर रहा है जिसम एलपीजी सब सडी को बदल कर इसे कु कंग सब सड़ी कर दया जाये ता क इसका लाभ पाइप लाइन ज रये गैस लेने वाले उपभो ता तक भी पहुंच सके नी त आयोग के उपा य राजीव कुमार ने कहा है क भोजन बनाने के लए यू त होने वाले सभी तरह के इंधन म सब सडी मलनी चा हए अभी के य सरकार ने एलपीजी उपभो ताओं को सब सडी देने क सु वधा बढ़ाई हुई है

रा प त राम नाथ को वंद ने कहा है क संत कबीरदास कसी एक समाज के नह बश्कि सवसमाज के पथ दशक थे उनक भाषा म एक ऐसे समाज कर रचना क बातेहै जिसम उंच नीच जात पात व अ य कसी भी कार के भेदभाव क कोई जगह न हो फतेहाबाद म आज रा प त ने कहा क कबीरदास क वाणी के अनुभव भारत के सं वधान को तैयार कया गया है जिसम कायपा लका और वधा यका स य रहती है उ ह ने कहा क कबीर पंथ नरपे ता का माग है और सं वधान भी इसके लए वचनब व है

मनोहर लाल ने कहा क कसान क बेहतर के लए खर फ क फसल का समथन मू य बढा़ ने से उनक त यित आय बढ़ेगी

आज भवानी के बवानीखेडा ह के के गांव चांग म एक नई श्र आत म् यमं ी से सीधी बात काय म के तहत वो पंचायत त न धय से बात करने पहुंचे थे

इसके लए कंपनी ने ठोस कचरा तथा सीवरेज के पानी के के अलावा संयं लगाने के लए जगह क मांग क है तथा वो संयं लगाने का सारा खच व देख रेख खुद वहन करेगी

है थ यू नव सट रोहतक के डा टस इं लड जाकर नवीनतम च क सा सु वधाओं और उ च गुणवता के संसाधन का े नंग लगे और फर यहां लौटकर नवीनतम तकनक से मर ज का ईलाज करगे

इस क म म अनुसू चत जा त के छा को मै क के बाद पढ़ाई करने के दौरान आ थक सहायता द जाती है ता क वे उ च श ा हण कर सक